विधान सभा में आज भी भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गयी सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दल राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्य विभिन्न मांगों को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गये और नारेबाजी करने लगे विपक्ष के सदस्य जहानाबाद साम्प्रदायिक झड़प प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करायी हंगामे के बीच केवल ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित एक अल्पस्रचित प्रश्न लिया जा सका बार बार अनुरोध के बाद स्थिति शांत नहीं होते देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के कारण ढाई बजे तक बैठक फिर स्थगित करनी पड़ी तीसरी बार दोपहर ढाई बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में अपेक्षाकृत शांति रही इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये गये और पारित किये गये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है साउंड बाईट जहां तक इस देश में आतंकवादी वारदातों का प्रश्न है कि विगत साढ़े पांच वर्षो में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं पर भी कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार को व्यक्तियों के सोशल मीडिया खातों से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अत्याधुनिक भू पर्यवेक्षी उपग्रह कार्टोसैट थ्री का आज सफल प्रक्षेपण किया आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से सवेरे नौ बजकर अठाईस मिनट पर प्रक्षेपण यान पीएसएलवी सी सैंतालीस से इसे प्रक्षेपित किया गया एक अमरीकी कंपनी के तेरह अन्य नैनो सैटेलाइट भी इसके साथ ही भेजे गए हैं यह पीएसएलवी का उनचासवां प्रक्षेपण था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में विकसित पीएसएलवी सी सैंतालीस के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के पूरे दल को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उन्नत कार्टोसैट तीन भारत की उच्च संकल्प इमेजिंग क्षमता को बढ़ाएगा श्री मोदी ने कहा कि इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की अधिकृत प्रंजी को मौजूदा साढे तीन हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर दस हजार करोड़ रूपये करने की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से प्राप्त अतिरिक्त पूंजी कोन्द्रीय बजट के माध्यम से एफसीआई में लगाई जा सकेगी जिसे एफसीआई अनाजों के भंडारण के काम में इस्तेमाल करेगा और उसे अपनी उधारी पर दिये जाने वाले ब्याज के बोझ से राहत मिलेगी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज कहा कि जाति आधारित सामाजिक आर्थिक जनगणना में राज्य के जिन गरीब परिवारों के नाम छूट गये हैं राज्य सरकार उनके लिये सतत जीविकोपार्जन योजना और अन्य कार्यक्रमों के तहत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है विधान सभा में भाजपा के मिथिलेश तिवारी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में श्री कुमार ने सदन को बताया कि सामाजिक आर्थिक जनगणना दो हजार ग्यारह में छूटे हुए गरीब योग्य परिवारों को आवास की सुविधा देने के लिए सर्वे किया जा चुका है उन्होने कहा कि बत्तीस लाख छियासी हजार परिवारों का नाम केंद्र सरकार के निर्देश पर आवास एप प्लस पर अपलोड किया गया है लेकिन पहले से बनी प्रतीक्षा सूची के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में आठ लाख परिवारों को आवास दिया जाएगा नई दिल्ली में चौदह से सताईस नवम्बर तक आयोजित उनतालीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के मंडप वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गोबर गैस प्लांट के नीचे चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी संख्या में निर्मित और अर्द्वनिर्मित हथियार बरामद किया पुलिस ने पांच अपराधियों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया है मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि अवैध कारखाना से एक पूर्ण निर्मित देशी पिस्तौल बारह की संख्या में अर्द्वनिर्मित देशी पिस्तौल पन्द्रह कारतूस और हथियार निर्माण में उपयोग में आने वाली सामग्री भी जब्त की गयी है इधर बेगूसराय पुलिस ने आठ अपराधियों को छह पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है सर्दियों में कोहरे को देखते हए पटना रिथित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले विमानों की समय सारिणी में एक दिसम्बर से बदलाव किया गया है बदले समय के अनुसार हवाई अड्डे से पहला विमान सुबह सवा नौ बजे और आखिरी विमान रात्रि साढ़े आठ बजे उड़ान भरेगा पाटिलपुत्र के सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में बिहटा और फुलवारीशरीफ स्थित ईएसआईसी अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया श्री यादव ने इन अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की भागलपुर जिले में नवगछिया के परबत्ता जगतपुर खगड़ा के बीच विक्रमशिला सेतु पर भीषण सड़क हादसे में मोटरसाईकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने सेतु पर जाम लगा दिया बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया इधर सीतामढ़ी के चोरौत में ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी दूसरी ओर अररिया जिले में नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पलासी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संतावन पर एक यात्री बस के पलट जाने से छह लोग घायल हो गये भागलपूर जिले में कहलगांव के अंचलाधिकारी मोहम्मद मोईनउददीन को निलंबित कर दिया गया है निलंबित अधिकारी पर दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में देरी करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लगान वसूली नहीं करने के आरोप लगे हैं बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के तत्वावधान में दफादारों और चौकीदारों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन किया सीतामढ़ी जिले के जाने माने शिल्पकार और प्रसिद्ध जानकी उद्भव प्रतिमा के शिल्पी फणी भूषण विश्वास का निधन हो गया उनके निधन पर कला जगत और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है गया जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में दोषी वीरेंद्र चौधरी को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार रुपए को जूर्माने की सजा सुनाई वहीं जमूई के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के एक मामले मे पति सासससुर और देवर को आठ आठ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड स्थित भवानीपुर पंचायत के निसार पट्टी गांव में आग लग जाने से एक दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से नष्ट हो गये प्रखंड विकास पदाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है शिवहर के नवाब हाईस्कूल परिसर में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया